प्रदेश भाजपा की दो दिवसीय अहम बैठक आज से वैशाली में शुरू

दो लाख सैंतीस हजार से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री तोमर ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कहा कि किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन दिया है

उन्होंने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये हैं

उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाईयों का आभार प्रकट करता हूं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में दंगों में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद लोगों को छोड़ने की मांग कैसे उठायी जा सकती है किसान चौपाल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन में शामिल हो गया है लेकिन सरकार इन लोगों की मंशा पूरी नहीं होने देगी

नरेन्द्र मोदी किसानों का बहुत सम्मान करते हें और देश के किसान भी मोदीजी का बहुत सम्मान करते हैं हर जगह हम जीत रहे हैं लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलायेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रतिगामी कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं है दिल्ली में एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र किसानों के हित में कदम उठा रहा है और सरकार उनकी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार है उन्होंने कहा कि हमारी उपज और खरीद दोनों ही भरपूर रही है और हमारे खाद्यान भंडार भरे हुए हैं भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही नये कृषि कानून बनाये गये हैं मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये श्री राय ने कहा कि विपक्ष तीन कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा का रहेक कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इन कानूनों को लेकर सच बताने का कार्य कर रहा है प्रदेश भाजपा की दो दिवसीय अहम बैठक आज से वैशाली में शुरू हो गयी है बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है इसके साथ ही नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच जाकर उन्हें इसके फायदे के बारे में जागरूकर किये जाने पर भी चर्चा हो रही है बैठक के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने की सम्भावना है इस दो दिवसीय मंथन में बिहार भाजपा प्रभारी भूपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल संगठन मंत्री नागेन्द्र जी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषकों से जलवायु के अनुकूल कृषि अपनाने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि इससे न केवल किसानों की लागत में कमी आती है बल्कि उन्हें लाभ भी होता है मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के तीस जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुये कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी सरकार कृत संकल्प है उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सभी जिले के पांच पांच गांवों का चयन किया है इससे किसान जागरूक और लाभान्वित होंगे सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अन्तर्गत नौ रबी फसलों के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है किसान विभाग के पोर्टल पर गेहूँ मक्का चना मसूर अरहर सरसों ईख प्याज और आलू के लिए निबंधन करा सकते हैं इस योजना के अन्तर्गत फसल में बीस प्रतिशत की क्षति होने पर किसानों को साढ़े सात हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति दी जाती है अधिक नुकसान होने पर यह राशि दस हजार रूपये प्रति हेक्टेयर है देशभर के बैंकों में आज से तत्काल लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस सेवा चौबीस घंटे के लिए शुरू कर दी गयी है भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने एक ट्वीट में आरटीजीएस सेवा वर्ष के सभी दिन और चौबीस घंटे उपलब्ध कराने की जानकारी दी है श्री दास ने कहा कि इस निर्णय के साथ ही भारत आरटीजीएस की यह सुविधा संचालित करने वाले कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री पेंशन योजना दो हजार बीस के बारे में प्रसारित हो रहे फर्जी संदेश को खारिज किया है इस संदेश में प्रधानमंत्री पेंशन योजना दो हजार बीस के तहत सत्तर हजार रुपये प्राप्त करने के लिए प्रात्रता की पुष्टि करने का दावा किया गया है एक ट्वीट में प्रत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया और कहा है कि केन्द्र सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है राज्य के एक हजार दो सौ सत्तासी पैक्सों के लिए शीघ्रहि नई मतदाता सूची के अनुसार चुनाव कराया जायेगा राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव नये सिरे से कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है प्राधिकार ने नई मतदाता सूची तैयार करने और इसे अगले साल चार जनवरी तक जारी करने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि इन पैक्सों के लिए चुनाव दो बार स्थगित किये जा चुके हैं पिछली बार अक्टूबर में कई जिलों में बाढ़ के कारण ये चुनाव स्थगित करने पड़े थे पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा में सेमरा और चिउटाहां थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है पकड़े गये नक्सली बसंती उरांव और रमाकांत राय राजन दस्ते के सक्रिय सदस्य बताये जाते हैं गिरफ्तार नक्ससलियों के पास से सात डेटोनेटर और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं पुलिस के अनुसार इन दोनों पर पश्चिम चम्पारण समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई नक्सली वारदातों को अंजाम देने का मामला दर्ज है पटना उच्च न्यायालय ने सिपाही बहाली प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के लिए कोई प्रावधान नहीं होने को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि जब नियुक्ति प्रक्रिया में महिला और पुरूषों के आवेदन के लिए प्रावधान है तो ट्रांसजेंडरों के लिए आवेदन करने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है मामले की अगली सुनवाई बाईस दिसम्बर को होगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है आज नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना महामारी की पहचान कर ली गई थी और उन्होंने इसे नियंत्रित करने तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पूरे वर्ष उत्साहपूर्वक काम किया

आज से ही अमरीका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है हमारे यहां भी जल्दी आएगा हमें पता है देश के चार वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं तो शायद महीने भर में आएगा लेकिन एक बुराई भी ख्याल करने की जरूरत है एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्री हो गए कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं है

आप फ्री नहीं हो गए संकट से प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव चार एक प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे में छह सौ पैंतीस मरीजों स्वस्थ हुये हैं प्रदेश में अब तक दो लाख सैंतीस हजार तीन सौ बहत्तर मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के चार सौ पच्चीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख तैंतालीस हजार छह सौ तिहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक एक सौ पंचानवे नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं मुजफ्फरपुर में छब्बीस सारण में बाईस गया में इक्कीस और नालंदा में सत्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं इस समय राज्य में चार हजार नौ सौ पचहत्तर सक्रिय मामले हैं देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग पंचानवे प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर तिरानवे लाख अठासी हजार एक सौ उनसठ हो गयी है इस समय देश में कुल तीन लाख बावन हजार पांच सौ छियासी सक्रिय मामले हैं वहीं पिछले चौबीस घंटे में सत्ताईस हजार इकहत्तर नये रोगियों की प्रष्टि हुई है जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर अंठानवे लाख चौरासी हजार एक सौ हो गई है पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं श्री मांझी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इधर हम अध्यक्ष के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अठारह दिसम्बर से होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी स्थगित कर दी गयी है नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर एके वार्ष्णेय ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए ये सावधानियां बरतने की सलाह दी

तो सब लोगों को ये होता है कि हम तेजी से इसको वैक्सीन डेवलेप करें और सरकारें भी चाहती हैं कि वो वैक्सीन जल्दी आए बहुत सी चीजें जो हैं वेव कर दी गई हैं और वो इमरजेंसी एप्रूवल के तहत जो है प्रोसेस की जा रही है वैक्सीन लेकिन इसमें इतना जरूरी है कि वैक्सीन दे के सेफ्टि सबसे बड़ा इंपोर्टेट क्योंकि अगर हम किसी को वैक्सीन से फायदा दे पाएं न भी दे पाएं परंतु सेफ होनी चाहिए उस वैक्सीन की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग डेढ करोड लोगों ने उपचार कराया है

जहां तक कोरोना का संबंध है योजना ने काफी मदद की है कोरोना के खिलाफ रिस्पोंड करने में जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट है उसको इस योजना में शामिल किया गया है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गयी है कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है इधर पछुआ हवा चलने से पटना और आसपास के इलाकों में धुंध और कुहासे में कमी आई है आज सुबह से ही आकाश साफ रहने और धूप खिली होने के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी है गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा जबकि सोलह दिसम्बर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की सम्भावना है रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप व्यवसायी राहुल सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जानकारी के अनुसार बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे व्यवसायी से लूट के दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया कटिहार जिले के पोठिया ओपी थाना क्षेत्र के अमीन चौक के पास अपराधियों ने एक किराना व्यापारी से एक लाख से अधिक की राशि लूट ली

प्रदेश भाजपा की दो दिवसीय अहम बैठक आज से वैशाली में शुरू

दो लाख सैंतीस हजार से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात